लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाय के साथ भाुरू हो गया कल खरना अनुष्ठान होगा

महापर्व के लिए खरीदारी को लेकर आज बाजार में भी विशेष रौनक देखी गयी इधर राजधानी रांची सहित राज्य के तालाबों और डैमों की साफ सफाई में भी लोग जुटे रहे इघर गिरिडीह में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अभिंत रेणू ने आज सभी प्रमुख छठ घाटो का निरीक्षण किया उपायुक्त ने सभी पूजा समिति के सदस्यों से छठ घाटो पर सोशल डिस्टेंसिग मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील की पाकुड़ में भी छठ व्रतियों ने भक्तिभाव से पूजा अर्चना की और प्रसाद के रूप में कद्द् भात ग्रहण किया राज्य के अन्य समी जिलों में भी छठ महापर्व को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज से प्रारंभ लोक आस्था एवं संयम का महापर्व छठ की सभी राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाए दी हैं उन्होंने सभी छठवती माताओं बहनों के कुशल स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा है कि वे भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति एवं खूशहाली की प्रार्थना करें साथ ही नोवेल कोरोना वायरस के उन्मूलन के लिए आराधना करें उन्होंने इस महापर्व में सभी से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग करने के लिए भी आग्रह किया है

राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरूस्त होनी चाहिए विशेषकार यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए श्री गुप्ता आज जमशेदपुर में वरीय अधिकारियों और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में उपस्थित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने सीएसआर फंड के तहत जन उपयोगी कार्यो में सहयोग करें राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज अपने क्षेत्र दौरे के क्रम में चतरा पहंचे इस मौके पर मंत्री द्वारा शहर के सभी छठ घाटों का साइकिल के जरिए निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया गया इस मौके पर उन्होंने आस्था के महान पर्व छठ को देश का सबसे बड़े त्योहार की संज्ञा देते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों के किसी भी धार्मिक जनभावनाओं पर आंच आने नहीं देगी

राज्य में कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की दर बढ़कर छियानबे दशमलव छह चार प्रतिशत हो गयी है कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या लागातार घट रही है राज्यभर में अबतक भिले एक लाख छह हजार चार सौ इकानबे संक्रमितों में से एक लाख दो हजार आठ सौ इकानबे लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार छह सौ उनहतर रह गयी है राज्यभर में कल दो सौ इकसठ नये कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि तीन सौ तैंतालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गयी है पूर्वी सिंहभूम जिले में कल तीन संक्रमितों की मौत के बाद राज्यभर में मरनेवालों की संख्या बढ़कर नौ सौ इकतीस हो गयी है आकाशवाणी के साथ बातचीत में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढते मामलों से अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं हो रही हैं

श्री बादल ने कहा कि कृषि और आपदा विभाग के समन्वय से किसानों को यह मुआवजा और सहायता राशि मिलेगी इस संबंध मेँ कृषि मंत्री के अलावा विभागीय सचिव की ओर से भी सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गयी थी कृषि मंत्री ने बताया कि छह जिलों में हुई नुकसान से संबंधित रिपोर्ट अभी नहीं भिली लेकिन जिन जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उन जिलों के लिए ॅआपदा विभाग द्वारा किसानों के लिए राशि की स्वीकृति दे दी गयी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बड़कागांव में कोयला खनन कार्य में लगे एनटीपीसी से जमीन के मुआवजे ँऔर ग्रामीणों के घरों को स्थानांतरित करने की बात पर सहमति बनी है साथ ही कई अन्य विषयों पर विचार होना शेष है मुख्यमंत्री ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिजली उत्पादन में कोई बाधा ना आये इसलिए कोयला खनन का कार्य आरंभ करने का निर्देश दिया जा रहा है इससे पहले कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोयला खनन से होने वाले विस्थापितों की समस्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया मुख्यमंत्री ने विस्थापितों और ग्रामीणों की सभी समस्याओं के समाधान का मरोसा दिलाया है पत्र सुचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो गुमला के संयुक्त तत्वावधान में एक भारत श्रेष्ठ भारतः वोकल फॉर लोकल से सांस्कृतिक धागे की मजदूती विषय पर आज वेबिनार परिचर्चा का आयोजन किया गया इस परिचर्चा में शिक्षा उद्योग एवं समाजसेवा क्षेत्र से जुडे प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया विशेषज्ञों का कहना था कि वोकल फॉर लोकल के जरिए हमें स्वदेशी उत्पादों की ग्णवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उसके उपयोग पर गर्व करना होगा तभी यह सफल साबित होगा

नक्सल उन्मूलन अभियान में जुटी पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है प्रछताछ में प्रलिस के समक्ष इन गिरफ्तार नक्सलियों ने स्वीकार किया है कि हाल के दिनों में रांची के कई व्यवसायियों से इनके द्वारा रंगदारी की मांग की गयी थी और एक टेंट व्यवसायी के घर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था ग्मला जिले की पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खूलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है

उन्होंने बताया कि छानबीन में यह बात सामने आयी कि इस हत्याकांड में नौ लोगों की संलिप्तता थी जिसें से छह आरोपियों को गिरफ़तार कर लिया गया है जबकि तीन अन्य लोगों की तलाश जारी है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से देवघर जिले के नवनियुक्त उपायुक्त मंज्नाथ भजंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की इससे पहले श्री भजंत्री रेल राज्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के निजी सचिव रह चुके हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती पतियार गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई है पलामू जिले में डालटनगंज रेलवे स्टेशन के रेड़मा ओवरब्रिज के निकट रेल पटरी में साड़ी फंसने सेएक महिला ट्रेन की चपेट में आ गयी

केंद्रीय इस्पात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि खनन उन प्रमुख क्षेत्रों में है जहां पिछले छह वर्षों के दौरान कई नीतिगत सुधार किए गए हैं राष्ट्रीय खनन सम्मेलन में बोलते हए श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह मानना है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप से मूल्यांमकन किया जाना चाहिए और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिये ही उनकी बिक्री होनी चाहिए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अपना फायदा और कारोबार में निश्चिन्तंता का भरोसा होने पर ही इस क्षेत्र में निवेश करेंगे इस्पात मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को समग्र रूप में देखे जाने की आवश्यरकता है क्योंकि देश को अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण का केन्द्र बनने की दिशा में भी काम करना है

समाप्त